अब उन्नीस और बीस फरवरी को होगा नियोजन पत्र का वितरण

और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के मौसम ने ली अचानक करवट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर दोहराया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल भ्रम और हिंसा फैला रहे हैं झारखंड में साहेबगंज के बरहेट में एक सभा में उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय को प्रभावित नहीं करता है

भारत के मुसलमानों को डराने के लिए यह लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश में वर्षो से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन कर भारत आए हैं इधर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच इसे वापस लेने की संभावना से इंकार किया है एक निजी टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा इससे पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि निहित राजनीतिक स्वार्थियों द्वारा इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है बाईट मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है इन सभी शार्णिथियों को नागरिकता मिलेगी वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर रहेंगे गृहमंत्री ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना नेहरू लियाकत समझौते का एक हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तर वर्ष के बाद लागू किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में पिछले दिनों रूक रूक कर हुई बारिश के कारण फसलों को हुई क्षति का किसानों को मुआवजा दिया जायेगा जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान कैमूर के मुंडेश्वरी धाम में उन्होंने यह घोषणा की श्री कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोले जायेंगे साथ ही पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का विस्तार किया जायेगा उन्होंने बताया कि बक्सर और मुजफ्फरपुर में नाईलेट सेंटर का काम भी अगले वर्ष मार्च महीने से शुरू कर दिया जायेगा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर उच्च विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में बदलाव किया है संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब बीस दिसम्बर को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा इक्कीस दिसम्बर से चार जनवरी तक सूची पर आपत्ति ली जायेगी और ग्यारह जनवरी को आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा चौबीस जनवरी को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन होगा जबकि सोलह से उन्नीस जनवरी तक प्रमाण पत्रों की जांच और तेईस जनवरी को मेधा सूची का अनुमोदन होगा चौबीस जनवरी को मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा अठारह फरवरी को प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा तथा उन्नीस और बीस फरवरी को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए बारह और बीस जनवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष के एस द्विवेदी ने बताया कि इसके लिए सभी जिलों में पांच सौ पचास से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं दोनों तिथियों को दो पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा में रिक्त ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के पांच गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा श्री द्विवेदी ने बताया कि जल्द ही अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आया है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में औसतन चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गयी है बीस से तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है निचले स्तर पर बादल छाये रहने के कारण धूप नहीं पहुंचने से भी दिन के समय ठंड से राहत नहीं मिल रही है मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना के अनुसार अगले चौबीस घंटों में औसत तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की और कमी आ सकती है विभाग ने सुबह और शाम के समय कोहरा छाये रहने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है इधर अचानक बढ़ी ठंड को देखते हये सीवान में जिला प्रशासन ने आज और कल स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं वहीं पटना और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने आज से सभी निजी और सरकारी विद्यालयों को सुबह नौ बजे से दिन के तीन बजे तक कक्षाओं के संचालन का निर्देश दिया है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षिक सत्र की वार्षिक परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है बारहवीं की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से तीस मार्च तक और दसवीं की परीक्षा पन्द्रह फरवरी से बीस मार्च तक होगी पूर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच प्रस्तावित नई रेल लाईन के सर्वे का काम शुरू हो गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वीरगंज निजगढ़ शिखरपुर और सिसनेरी होते हुये काठमांडू तक रेल लाईन बिछाने का प्रस्ताव है उन्होंने बताया कि रेलखंड बनने के बाद रक्सौल से काठमांडू की दूरी एक सौ पचास किलोमीटर से घट कर एक सौ छत्तीस किलोमीटर रह जायेगी बहुचर्चित सुजन घोटाला में फरार चल रही अभियुक्त इंदु गुप्ता ने पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है अदालत ने इंदु गुप्ता को न्यायिक हिरासत में लेते हुये जेल भेज दिया पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक ट्रेवल एजेंसी के कार्यालय से आरपीएफ ने फर्जी पहचान पत्र के आधार पर बनाये गये छियालीस लाख रूपये के आरक्षित टिकट के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया है गुजरात के वलसाड रेल थाना में पिछले दिनों हुये ट्रेन लूटकांड के मामले में तीन आरोपियों को पटना के मसौढ़ी से गिरफ्तार किया गया है गुजरात रेल पुलिस की अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने रिश्वत मांगने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत तारापुर दियारा के चकी बहियार से पुलिस ने चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत आरा मोहनिया मुख्य मार्ग पर ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना के सिमरा गांव स्थित बाल गृह से आठ बच्चे खिड़की तोड़ कर फरार हो गये इसमें से सात को पकड़ लिया गया है पटना स्थित एक अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में त्रिपुरा के दो तस्करों को पन्द्रह पन्द्रह वर्ष कठोर कारावास और तीन तीन लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है अररिया जिले के फारबिसगंज से पुलिस ने पांच लाख रूपये मूल्य के प्रतिबंधित लॉटरी टिकट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बांका में खेली जा रही मोईनुल हक फुटबॉल चैंपियनशिप में दानापुर रेल और समस्तीपुर की टीमों ने क्वार्टर फाईनल में जीत दर्ज कर सेमीफाईनल में जगह बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मौसम के रूख में अचानक आये परिवर्तन और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशभर में चल रहे प्रदर्शन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने लिखा है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली और बंगाल में उत्पात जारी हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में पारा और लुढ़का सुबह नौ बजे से पहले नहीं ख़ुलेंगे स्कूल दैनिक भास्कर ने लिखा है कक्षा एक से पांच तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को प्राथमिकता आज और राष्ट्रीय सहारा ने देशद्रोह मामले में पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्फ को फांसी की सजा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

अब उन्नीस और बीस फरवरी को होगा नियोजन पत्र का वितरण

और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के मौसम ने ली अचानक करवट